लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की पचपन करोड़ सत्तर लाख रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भी किया अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क द्र्घटनाओं को रोकने में जागरूकता का विशेष महत्व है यातायात के सामान्य नियमों की जानकारी और उनके अनुपालन से बड़ी संख्या में सड़क दूर्घटनाओं को रोका जा सकता है उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है इसमें सामूहिक प्रयास अधिक कारगर साबित होंगे मुख्यमंत्री ने यूपी एसआरटीसी गृह विभाग पी डब्लू डी शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग सहित सम्बन्धित विभागों को मिलकर कार्य करने के निर्देश दिये सड़क सुरक्षा माह के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं चौरीचौरा घटना के सौ वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में उत्सव मनाने की तैयारियां तेज हो गयी हैं अगले माह चार फरवरी से शुरू होने वाले समारोह अगले एक वर्ष तक चलेंगे राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में संयुक्त रूप से चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव का लोगो जारी किया राजभवन में कल आयोजित चौरीचौरा शताब्दी महोत्सव की राज्य स्तरीय आयोजन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हए राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा कि शताब्दी समारोह देशवासियों में राष्ट्रभक्ति और देशप्रेम को और प्रगाढ़ करने का अवसर होगा उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाये बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सन् उन्नीस सौ बाईस की चौरीचौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण कड़ी है उन्होंने कहा कि शताब्दी समारोह हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्वाजंलि देने का अवसर है

कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक आठ लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्टस सामने आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है लेकिन महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरूआत से ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सुड़ढ़ करने के प्रभावी प्रयास किए हैं इन प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की है मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोविड जांच को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आगे भी अधिक से अधिक जांच पर जोर दिया जाएगा उन्होंने प्रदेश में कोविड जांच का कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं

इकतालीस किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की बैठक कल नई दिल्ली में हई थी इसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ वर्ष तक स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है हमने विस्तारपूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुडे विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय छह महीने का भी हो सकता है एक साल का भी हो सकता है डेद साल का भी हो सकता है और सरकार एक डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है कृषि मंत्री ने सरकार का यह दृष्टिकोण दोहराया कि कृषि कानूनों से किसानों के जीवन और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा श्री तोमर ने अपील की कि सार्थक बातचीत के लिए कृषि कानूनों के प्रत्येक खंड पर चर्चा की जानी चाहिए केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खण्डन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज की दर सात प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत कर दी गयी है पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को भ्रामक बताते हुये स्पष्ट किया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की ब्याज दरों में कोई फेर बदल नहीं किया है